मर्ती प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखने को कहा है आयोग ने पत्र लिखकर इन संस्थानों से कहा है कि उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक कोई भर्ती न की जाए

ये बात जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परियोजना अधिकारी नवीन कुमार ने कल्पा में स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में कही

उन्होंने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में प्रसारित किया जा सकता है

जनमंच कांगड़ा के ज़िला उपायुक्त संदीप कुमार ने धर्मशाला में जनमंच कार्यकम से जुड़ी जनसमस्याओं के निपटारे की प्रगति समीक्षा की बैठक बुलाई उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित समस्याओं को पांच अगस्त से पहले निपटाने के निर्देश दिए एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने हाईकोर्ट के अवैध कब्जे हटाने संबंधी फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में अब सेना छुड़ाएगी वन मूमि पर किए अवैध कब्जे दिव्य हिमाचल के शब्द हैं शिमला में अवैध कब्जे हटाने को हाईकोर्ट ने बुलाई सेना दैनिक जागरण और पंजाब केसरी का लगभग एक सा शीर्षक है सेना की मदद से हटेंगे वन भूमि से कब्जे हाईकोर्ट ने दिया इको टास्क फोर्स के जवानों को तैनात करने का आदेश दैनिक भास्कर ने लिखा है भारतीय सेना की इको टास्क फोर्स हटाएगी अवैध कब्जे हाईकोर्ट ने सौंपी जिम्मेदारी द्रक ऑपरेटरों की हड़ताल से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल के शब्द है ट्रकों की हड़ताल से उद्योगों के करोड़ों डूबे आपका फैसला का शीर्षक है हिमाचल में थमे हजारों ट्रकों के पहिए ट्रक आपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर

शिमला के पानी में जानलेवा बैक्टीरिया शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है चार बड़े स्टोरेज टैंकों के पानी के सैंपल फेल दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार शिमला का पानी खतरनाक सैंपल फेल अजीत समाचार की एक खबर है जयराम द्वारा अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक संजय कुंडू बने सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमर उजाला की एक खबर है आपका फैसला के शब्द हैं सीनियर आईपीएस संजय कुंडू बने मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय खुद पर नियंत्रण में लोगों को गुस्से पर काबू पाने व बोलचाल से ही समस्या का समाधान करने की सलाह दी है

हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय जिंदगी मिली है तो मोल भी समझे में लिखा है कि अपने सफर को सुरक्षित बनाने के लिए वाहन चालकों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा और अन्य दोपहिया वाहन चालकों को भी जागरूक करना होगा